् प्रदेश की एक हज़ार तीन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र भरे जाएंगे ् चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघ शर्मा ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण में हो रही बढोतरी को देखते हुए हुर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत

् कोरोना महामारी के मद्देनजर सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती संबंधी विधेयक को संसद ने मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए लाए गये विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बिहार में कोसी रेल महासेत् राष्ट्र को समर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आध्निक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विर्धयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने आजयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन विधेयकों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और व्यापारियों की मनमानी बढेगी दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने कहा है कि ये बिल किसानों के लिए व्यापक हितकारी साबित होंगे प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधार समय की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है

नामांकन सबह दस बजे से शाम पांच बजे तक दाखिल किये जा सकेंगे राज्य चनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को नामांकन पत्रों की जांच की होगी नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे

राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिये हैं

इसलिए हर व्यक्ति को सतर्कता बरतने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मास्क लगाने हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत बना लेना चाहिए

हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर जोधपुर तथा कोटा जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं

इस प्लांट के लग जाने के बाद अस्पताल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कई केन्द्रीय दल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सहायता कर रहे हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आर्यविज्ञान संस्थान से टेली परामर्श उपलब्ध कराकर आईसीय डॉक्टरों की क्षमता बढाई गई है स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं मंत्रालय के अनुसर देश में कृल संक्रमित लोर्गो में से करीब साठ प्रतिशत पांच राज्यों में हैं

राज्यसभा में आज इस विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा इसे पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे महामारी से निपटने के लिए सरकार को आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए धन की जरूरत है संसद को भी अपने व्यय में कटौती कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए

भाजपा के जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया कि ये रक्त जरूरतमंदों के काम आएगा सेवा सप्ताह के तहत ब्रंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में लेसरदा गांव में गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया आकाशवाणी की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में आज विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

उदयपुर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से एक बार फिर पिछोला झील फतेह सागर और स्वरूप सागर छलक उठे हैं जिले के अन्य जलाशयों में पानी की आवक जारी है वहीं पूर्वी राजस्थान में लोग उमस से परेशान रहे राज्य में ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है

मौसम विभाग ने कल जोधपुर बीकानेर जयपुर उदयपुर तथा कोटा संभागों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है

चंद्रावती हाईवे मार्ग पर दो कारों की आमने सामने की टक्कर से ये हादसा हुआ इस हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है